हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत द्ररी बनाए रखते हए बोर्डिंग के सभी इंतजाम

हवाई उडान दिल्ली हवाई अड्डे से आज से घरेल् उड़ानें चरणबद्ध तरीके से श्रू हो जाएंगी

भोपाल और इंदौर से भी आज से विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट श्रू हो जाएंगी घरेलू उड़ान श्रू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेत् ऐप रखने को कहा गया है राज्यों से स्निश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की स्विधा दें

टिकट ई पास केन्द्र शासन के नए निर्देशों के अन्सार आज से हवाई परिवहन और एक जून से रेल परिवहन प्रारंभ करने की अन्मति दी गई है इससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है अपर म्ख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने बताया है कि ये यात्राएँ ई टिकिट द्वारा ही की जायेंगी अत इन्हें ई पास के रूप में मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है यह ई पास अपने निवास से रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और यहाँ से निवास तक के लिये मान्य होगा गौरतलब है कि ई पास की स्विधा में ढील देते हए केवल इंदौर भोपाल एवं उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिये ई पास की स्विधा अनिवार्य की गई है शेष जिलों में आवागमन के लिये ई पास की आवश्यकता नहीं है इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश आ रहे व्यक्तियों को ई पास की सुविधा पूर्ववत् जारी रहेगी संबल योजना द्रसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को भी संबल योजना में शामिल किया जाएगा

श्रम विभाग के प्रम्ख सचिव राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को इस अभियान को स्चारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है अभियानन्तर्गत श्रमिकों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों दवारा एनआईसी से विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा उमरिया अच्छी खबर उमरिया जिले में प्लिस द्वारा लाकडाउन के दौरान वृद्ध बीमार पीड़ितों असहाय और गरीबों की मदद के लिये संकल्प अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अब तक सैकड़ो लोंगों को दवा पहंचाई गई है

कैंसर पीडि़त श्री श्क्ला ने हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता से बात करते ह्ये कहा पुलिस अक्षीक्षक सहित स्टाफ को धन्यवाद दिया

उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है गौरतलब है कि अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है लिहाजा उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन या नगद बिल राशि जमा करानी होगी

सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है

नरसिंहप्र जिले में भी कल एक और संक्रमित का पता चलने के बाद प्रभावितों की संख्या दो हो गई है

वैश्विक कोरोना महामारी के जोखिम भरे दौर में एक स्खद खबर होशंगाबाद से आई है जहां जिला अब कोरोना म्क्त हो गया है जिले में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ्य हो गये हैं उधर सागर जिले के लिए कल शाम अच्छी खबर आई बीएमसी में इलाज करा रहे कोरोना वायरस से संक्रमित चार मरीज स्वस्थ हो गए हैं जिनकों कल छ्ट्टी कर दी गई

उमरिया में कल तीन नए मामले सामने आए हैं इनमें से दो मानपुर तहसील के और एक पाली तहसील से है

मुरैना जिले में कोरोना मरीजों की संख्या धीमी गति से बढ़ती जा रही है

जिनकी ट्रेबल हिस्ट्री तलाशी जा रही है

शिवप्री में एक और कोरोना मरीज मिला है

शहडोल जिले में कोरोना का चौथा संक्रमित मरीज मिला है

तीनो पुरी तरह ठीक होकर एक हफ्ते पहले अपने घर जा च्के है ईद उल फित्र ईद उल फित्र का पर्व आज देशभर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हए कहा है प्रदेश की ख्शहाली तरक्की और सबके मंगल की कामना की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लोगों को ईद की मुंबारकवाद दी है लॉकड़ाउन की वजह से इस साल ईद सादगी के साथ घरों में ही नमाज अदा कर मनाई जा रही है इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में ईद उल फितर के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कार्यपालिक दंडाधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व सौंपे हैं उधर सिवनी में भी इस म्श्किल वक्त में समझदारी का परिचय देते हए घरों में ही ईद का पर्व मना रहे हैं नरसिंहप्र शहर काजी अकील रजा मुशाहिदी ने लोगों से नमाज घरों से अदा करने और कोरोना संकट से उबरने के लिए दुआएं माँगने की अपील की है खण्डवा में भी शहर काजी ने सभी मुस्लिम अन्यायियों से घर पर ही नमाज़ अदा करने की अपील की है भोपाल उज्जैन धार कटनी सहित सभी जिलों में जिले में आज ईद सादगी के साथ मनाई जा रही है

हवाई अड्डो पर व्यक्तिगत द्ररी बनाए रखते हए बोर्डिंग के सभी इंतजाम